उन्होंने दिल्ली न्यायालय के आदेशों का स्वागत किया जिसमें अपराधी यशपाल सिंह को मृत्य् दंड दिया गया है गौरतलब है कि सिक्ख विरोधी दंगों में मिलने वाला ये पहला मृत्य्दंड है मामले में दूसरे अपराधी शेरावत को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई इन दोनों को दंगों के दौरान दो लोगों की हत्या का अपराधी पाया गया आज विश्व मछली पालन दिवस है विश्व भर के मछ्आरा समुदाया इस दिन को रैलियों कार्यशालाओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से मानते है जिनमें मानव जीवन पानी और पानी पर आधारित जीवन का महत्व साफ झलकता है कृषि मंत्री राधा मोहन सिह ने एक संदेश के माध्यम से मछली उत्पादकता बढ़ाने रोज़गार के नये दवार खोलने और पोषण स्रक्षा के लिए मछ्आरों के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि सात हजार पांच सौ बाइस करोड़ रूपये की मत्सय पालन आधारभूत संरचना विकास निधि उत्पादकता को बढ़ाने और नए रोज़गार के दवारा खोलने का काम करेगी हरियाणा के सभी जिलों में चलरही निजी प्ले स्कूल नैशनल चाईल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के दायरे में आयेंगे इतना ही नहीं निजी प्ले स्क्लों का हर साल नवीकरण भी किया जायेगा एक सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हए बताया िक नियमों पर खरा उतरने वाले प्ले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी उन्होंने बताया कि महिला बाल विकास विभाग की निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र जारी कर निजी प्ले स्कूलों के संचालन सम्बधी सख्त आदेश दिए है उन्होंने कहा कि अब तक हरियाणा में प्ले स्कूलों को लेकर निर्धारित मापदंड या नीति लागू नहीं थी उन्होंने ये भी कहा कि इससे प्ले स्क्लों की आड़ में चलने वाले फर्जी स्कूलों पर अकुंश लगेगा इंडियन नेशनल लोकदल ने आगामी नगर निगम के च्नाव को पार्टी च्नाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान किया है हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हए अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जींद उपच्नाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि आज सांसद द्वष्यन्त सिंह अजय सिंह चौटाला और उनकी पहचान इनेलो के कारण ही बनी है रोहतक कार्यालय पर अजय चौटाला के समर्थकों द्वारा कबजा करने पर उन्होंने कहा कि निजी ज़मीन के मालिक को एकदम कार्यालय खाली नहीं करवाना चाहिये बल्कि कानूनी तरीके से नोटिस भेजना चाहिए जिन लोगों ने रोहतक में इनेलो कार्यालय पर कब्जा किया है वह गलत है और इनके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया जायेगा

हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग ने किसी भी काम के लिए ड्राईविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण तथा वाहन उत्सर्जन प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेजों को साथ रखने या साथ लेकर चलने पर अनिवार्यता खत्म कर दी है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल प्रदेश के सभी समबधित विभागों को ये हिदायते कर दी गई है लोगो को इसके लिए डिजीलॉकर यानि एम परिवहन पर खाता खोलकर अपने वाहन के सभी दस्तावेज़ो की सोफ्ट कापी रखनी होगी

यम्नानगर के कस्बा बिलासप्र स्थित ऐहितहासिक एवं प्राचीन कपाल मोचन मेले मे आज तीसरे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्वाल् पहंचे मेले में श्रद्वाल्ओं का आना अभी भी जारी है म्ख्य स्नान कल आधी रात को श्रू होगा जिला उपाय्क्त एवं श्राईण बोर्ड के प्रशासक गिरीष अरोड़ा ने बताया कि मेले में बेस अस्पताल के अलावा मानवोददय सेवा संस्थान की ओर से पांच दिवसीय निश्लक चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है इसमें अब तक पचास हजार से अधिक यात्रियों को ब्खार खांसी सर्दी ज्काम आदि की दवाईयां निश्ल्क दी जा च्की है उपाय्क्त ने बताया कि कल रात की कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान के समय कई लाख श्रद्वाल् सरोवरों में पवित्र स्नान कर दान पूजन करेंगे

ग्रूपर्व की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा में अहखां फतेहाबाद से पहंचे कलगीधर पातशाह गतका अखाड़ा के सिक्ख युवकों ने तरह तरह के करतब दिखाकर शोभा यात्रा बढ़ाई श्री ग्रू ग्रंथ साहिंब जी को फूलों की सजी पालकी में रखकर भक्तों के दर्शानार्थ शहर के म्ख्य बाज़ारों में ले जाया गया

शहीद को उनके प्त्र मोनू ने म्खाग्नि दी

अंतिम संस्कार के समय शहीद के पिता जयदयाल व शहीद की पत्नी स्मन ने बताया कि उन्हे शहीद विजय क्मार की शहादत पर गर्व है तथा वे अपने बेटे मोनू को भी भविष्य में फौज में भैजेंगे

उन्होंने बड़ी बहाद्री के साथ आतंकवादियों का म्काबला किया जिसमें चार आतंकवादी मार गिराए सांसद ने इस मौके पर पाकिस्तान बारे कहा कि हमारा पड़ोसी देश आंतकवाद की शरण स्थली है हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण क्मार बेदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छ्पी हुई प्रतिभाओं को निखारने का कार्य क्रिकेट फैडरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है यह बहृत ही सराहनीय कार्य है इस जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी खेलने के अवसर मिलते है